कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अन्रोध किया कि दो शाही स्नान संपन्न होने के मद्देनजर कृंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी प्छताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में क्भ स्नान के लिए न आए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं बता दें कि इससे पहले निरंजनी अखाड़ा द्वारा अपने स्तर पर कुंभ समाप्ति की घोषणा की जा चुकी है रविवार कर्फ्य प्रदेश के सभी जिलों में इस महीने के हर रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू किया जाएगा जबकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में इस महीने आने वाले शनिवार और रविवार को कर्फ्य् रहेगा मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है रात्रि कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा देहरादून जिले में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय और संस्थान शनिवार को खुले रहेंगे

स्राप्ताहिक बन्द चम्पावत जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते जिला प्रशासन ने साप्ताहिक बंद का ऐलान किया है जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रविवार को सभी सेवाएं बंद करने की बात कही गयी है जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि व्यापार मण्डल टैक्सी यूनियन और पूर्व सैनिक कल्याण लीग के सदस्यों के साथ हई बैठक में यह फैसला लिया गया उन्होंने बताया कि लोहाघाट और टनकप्र के दो वार्डों को कंटेंनमेंट जोन बनाया गया है कोविड प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन स्निश्चित कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और कॉलेजों में केवल ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति दी जाए मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन की प्रभावी रणनीति बनाई जाए होम आईसोलेशन वालों को जरूरी किट दी जाए और उनसे लगातार सम्पर्क रखा जाए कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत्यु दर को कम करने के लिये यह सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमित व्यक्ति को समय पर इलाज मिले इस दौरान सचिव अमित नेगी ने कहा कि वर्तमान में आईसीयू बेड वेंटीलेटर ऑक्सीजन सपोर्ट बेड पर्याप्त संख्या में हैं

विधानसभा भवन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये हैं मास्क पहने हुए व्यक्ति को ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा

इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक मनोज रावत और पेयजल मंत्री बिशन सिंह च्फाल के परिजनों ने भी टीका लगाया

विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चला ज़िला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखा गया और कोरोना गाइड लाइन्स का पालन किया गया

वहीं मतदान को लेकर पहली बार वोट डालने वालों में उत्साह देखा गया मतदाताओं ने उम्मीद जतायी कि जीतने वाला प्रत्याशी उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा

इस सीट पर भाजपा ने स्रेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने गंगा पंचोली को च्नाव मैदान में उतारा मतगणना दो मई को होगी ईको फ्रेंडली ऑफिस मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि पंचायतों को बदलते जमाने के अन्रूप बनाने के लिए उन्हें सूचना और संचार तकनीक से जोड़ा जाना आवश्यक है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत स्मार्ट और ईको फ्रेंडली ई आफिस के रूप में नवीनीकृत निदेशालय पंचायतीराज के भवन और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया

उन्होंने कहा कि पंचायत के दायित्वों और कर्तव्यों के क्रियान्वयन में होने वाली समस्याओं के निदान के लिए डेस्क प्रणाली तैयार की गई है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश होने से तापमान में गिरावट आयी है राजधानी देहरादून में सुबह तेज हवाएं चलने के बाद दोपहर को बारिश हई जिससे गर्मी से राहत मिली है चमोली जिले में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना है जिससे जंगलों में लगी आग बुझी है टिहरी में ओलावृष्टि के साथ बारिश हई उधर बागेश्वर में सुबह तेज हवाएं चली और बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हई इससे जंगल की आग काबू में आयी लेकिन तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए इससे कांडा रोड घंटों बंद रही हालांकि बाद में लोगों ने सड़क से पेड़ हटाए जिससे यातायात सुचारू हो सका पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश हई जबकि अल्मोड़ा और नैनीताल में बादल छाये रहे टिहरी एनडीआरएफ टिहरी जिले में लगातार हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आज एनडीआरएफ की एक टीम ने वन विभाग के साथ आग ब्झाने का संयुक्त अभ्यास किया चंबा विकासखंड के घोंणाबागी के जंगलों में आग बुझाने का मॉक ड्रिल किया गया टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने बताया कि जंगलों में लगी आग से जंगली जानवरों और वन संपदा को भी भारी न्कसान हआ है आग पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य के अन्रोध पर केंद्र सरकार ने यहां एनडीआरएफ के एक दल को तैनात किया है उन्होंने जनता से जंगलों में आग ना लगाने की अपील की है

उन्होंने बताया कि नरेंद्रनगर में पांच और टिहरी में एक व्यक्ति को आग लगाने के आरोप में जेल भेजा गया है

उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के वक्त मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है

युवक इबे टिहरी स्थित टीएचडीसी के कोटेश्वर बांध परियोजना के निकट भागीरथी नदी में नहाते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई एसडीआरएफ ने शवों को नदी से बाहर निकाला